प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ वीडियो काफ्रेंस के जरिए होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं

लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर की दरों में कमी लाना और प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना है करदाताओं की शिकायतों और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभिन्न अपीली अदालतों में विभागीय अपील करने की मौद्रिक सीमा बढाई गई है डिजिटल लेनदेन और भुगतान के इलेक्ट्रानिक माध्यमों को बढावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल शुरू होने से कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढाने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज राज्य सचिवालय से इकोनोमिक समिट में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये भाग लेंगे

मुख्यमंत्री का बाद दोपहर प्रदेश के सभी उपयुक्तों और पुलिस अधिक्षकों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक की एक खबर है नई पंचायतें बनीं तो वोटर लिस्ट डिलिमिटेशन भी दोबारा से होगा इसी खबर पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है प्रदेश में जनसंख्या और हाउस होल्ड के तीन काइटेरिया पर बनाई जा सकती है नई पंचायतें